राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के इस दौर में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के घटक बने गरीबों के लिए सहारा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर लाहौल स्पिति और चंबा ज़िले के पांगी भरमौर व किलाड़ क्षेत्र के पंचायतीराज प्रतिनिधियों के साथ आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कफ्र्यू में कुछ ढील प्रदान की गई है ताकि आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्व ढंग से शुरू किया जा सके जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार शिमला स्थित जनजातीय भवन को जल्द ही कार्यशील बनाएगी ताकि ईलाज व अन्य किसी आपात स्थिति में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को आवास और भोजन की सुविधा मिल सके परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुछ आवश्यक प्रबंधों व सावधानियों के साथ प्रदेश सरकार एक जून से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने जा रही है

उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में केन्द्र और प्रदेश सरकार सभी परिस्थितियों के आकलन के बाद चरणबद्व ढंग से लॉकडाउन में ढील प्रदान कर रही है

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों का चार महीने का टोकन टैक्स व एसआरटी माफ किया गया है उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से दी जा रही विभिन्न रियायतों व आर्थिक पैकेज से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से पटरी पर लौटेंगी और राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा परिवहन मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को वापिस काम पर लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर परमिट दिए जाएंगे

उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से ऊना और कांगड़ा ज़िलों सहित पंजाब के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस पुल के बनने के बाद जहां लोगों को बरसात के दिनों में स्वां खड़ड की आवाजाही बंद होने से निजात मिलेगी वहीं पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने तीन माह के भीतर गौवंश की टैगिंग करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नीतिगत फैसला लेते हुए गौशाला के सही रख रखाव व वहां रखी गायों की टैगिंग के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है जिसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा

इससे पहले उन्होंने ज़िला प्रशासन द्वारा कोरोना से निपटने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लोग अपना रोज़गार छोड़कर वापिस प्रदेश में आए हैं और इन लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विभाग स्वरोज़गार की योजनाएं चला रहे हैं जिनका अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से बढ़ौतरी लगातार जारी है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना के इस संकट काल में एनसीसी कैडेट्स सेवा और साहस से कोरोना योद्वाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं आज शिमला स्थित राजभवन में सराहनीय सेवाओं के लिए एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कैडेट्स में अनुशासन देश सेवा और कर्तव्य परायण्ता की भावना सुदृढ़ होती है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में एनसीसी से जुड़ी लड़कियां व महिला अधिकारी भी बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस संबंध में जागरूकता के प्रसार में आगे आना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ सके

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सतर्कता से ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम संभव है और इससे बचने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सभी ज़रूरी व प्रभावी कदम उठा रही है उज्जवला योजना कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब तबके के लिए राहत बनकर आई है योजना के तहत विभिन्न घटकों के माध्यम से गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है चंबा ज़िले में उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उनके खाते में पैसे डाले गए हैं उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया

इस बीच कोरोना महामारी के इस दौर में सकारात्मक व नव आशा भाव सृजन के लिए वल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन संस्था ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को पुरस्कृत किया है

उल्लेखनीय है कि ये सम्मान मानवता की सेवा में लगे सिविल सोसायटी कारोबारी स्थानीय सरकारें फौज स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन को प्रदान किया जाता है परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के परौर में स्थापित संस्थागत क्वारंटीन सैंटर में लोगों का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन सैंटर में रखे गए लोगों को पौष्टिक भोजन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं परमार ने कहा कि परौर क्वारंटीन सैंटर प्रदेश का सबसे बड़ा सैंटर हैं जिसमें अब तक एक हज़ार से अधिक लोग आ चुके हैं